सम्मेलन का विषय है मानव केन्द्रित भावी समाज प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई राष्ट्र प्रमुख दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

इसमें चार सत्रों में वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार और निवेश डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में नवाचार असमानता को दूर करने समावेशी और सतत विश्व का सपना साकार करने जलवायु परिवर्तन ऊर्जा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में अलग से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत की

इस सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी अलग से कई अन्य प्रमुख सहयोगी देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री आज त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लामदीमिर पुतीन के साथ बैठक करेंगे नदी सफाई केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देशभर में नदियों का साफ सफाई अभियान जोरशोर से चलाया जायेगा

इस अवसर पर जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि गंगा यमुना काली भागीरथी के अलावा अलकनंदा और कोसी नदियों को क्लीनथॉन परियोजना के तहत लाया जाएगा

सौर ऊर्जा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देने के साथ प्रदेश में ही खपत सुनिश्चित करने के प्रयास करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि चयनित विकासखण्डों में सौर परियोजनायें स्थापित की जाएँ

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

श्री चौहान ने कहा कि यह अभियान उन राज्यों में विशेष रूप से चलाया जाएगा जहां भाजपा सत्ता में नहीं है वे कल मुम्बई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को मार्च में पार्टी की सदस्यता अभियान का प्रमुख नियुक्त किया गया था उन्होंने कहा कि इस अभियान को संगठन पर्व नाम दिया गया है मौसम मध्यप्रदेश में मानसून की धीमी रफ्तार के बाद कल राजधानी में शाम आसमान पर बादल छाये और तेज बौछारें पड़ी

राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश होने से गर्मी का असर कम हुआ है